मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

देश में सबसे ज्यादा कोरोना की जाँचों की संख्या उत्तर प्रदेश में होने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता के साथ जारी रखा जाए

उन्होंने इस बात के भी निर्देश दिये कि कोरोना टीका करण के लिए कोल्ड चैन भंडारण क्षमता आदि से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रभावी तरीके से पूरी कर ली जाएं और टीकाकरण के लिए वैक्सीनेटर का प्रशिक्षण प्ररी क्षमता और गति के साथ चलाया जाए एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

इस अवसर पर राजधानी लखनऊ म मुख्य कार्यक्रम लोक भवन प्रांगण में आयोजित किया गया जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह जीवन भर किसानों के सशक्तिकरण के प्रति समर्पित रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह सादगी और सत्यनिष्ठा के आदर्श थे मुख्यमंत्री ने किसान दिवस पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरण वितरित किये और किसान क्रेडिट कार्ड ऐप का लोकार्पण किया इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं लेकिन जो लोग देश और किसानों का विकास नहीं चाहते हैं वे इनका विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं बाइट यह बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी मंडिया समाप्त नहीं होंगी लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है ईपीएफसी एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में गिल सकते हैं या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में गिल सकते हैं बिना किसी टैक्स के बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिये राज्य सरकार कृषि पश्पालन बागवानी और मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है श्री योगी ने कहा कि राज्य में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के उत्थान के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं

कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में किसानों के कल्याण की योजनाएं कारगर तरीके से लागू की जा रही है

बरेली हापुड़ मेरठ कौशाम्बी मऊ सिद्धार्थनगर बस्ती समेत विभिन्न जनपदों में भी पूर्व प्रधानमंत्री चाधरी चरण सिंह के जयन्ती किसान सम्मान दिवस की रूप में मनाया गया इस अवसर पर किसान मेला गोष्ठी और कृषि प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया जहां किसानों को कृषि संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई सिद्धार्थनगर जिले में इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल विधायक श्याम धनी राही जिलाधिकारी दीपक मीणा समेत जिले के कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे

बाइट आज चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को हमारी सरकार के किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित किया

बस्ती जिले में भी आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयन्ती मनाई गई जिले में विभिन्न स्थानों पर कृषि मेले का आयोजन किया गया तथा किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तथा भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों और गरीबों के मसीहा थे तथा उनके द्वारा देश के आर्थिक विकास से किसानों को जोड़ने के लिये अहम भूमिका निभाई गई उन्होंने कहा कि आज हमारी केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की आय को बढ़ाने तथा उन्हें एक सम्मान जनक जीवन जीने के लिये सुअवसर प्रदान कर रही है

श्री द्विवेदी ने कहा कि हाल में सरकार द्वारा लाये गये कृषि सुधार कानून कृषि क्षेत्र में एक क्रांति को लायेंगे और इससे किसानों के उत्पाद को देश के किसी भी बाजार में बेहतर दामों में बेचने की सहूलियत मिलेगी श्री द्विवेदी ने कहा कि विपक्ष सरकार के द्वारा किसान कल्याण के लिय उठाये जा रहे कदमों को स्वीकार नहीं कर पा रही है क्योंकि पूर्व में सरकार में रहत हुए विपक्ष के द्वारा किसानों के हित के बारे में कभी नहीं सोचा गया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

पुलिस सूत्रों के अनुसार इस संयंत्र में रोज की तरह कर्मचारी रात्रिकालीन शिफ्ट में ड्यूटी पर काम कर रहे थे

घायला में चार की हालत गंभीर बताई जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर इफ्को फैक्ट्री में गैस रिसाव से लोगों की मृत्यु पर गहना शोक व्यक्त किया है

उन्होंने दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने और दुर्घटना के कारणों की जांच करने के निर्देश भी दिये हैं स्वरोजगार परक योजनाओं में लक्ष्य हासिल नहीं करने और कार्यो में शिथिलता बरतने पर एटा श्रावस्ती महराजगंज और गौतमबुद्ध नगर के जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है वहीं सुल्तानपुर में जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है